लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये प्रचार जोरों पर है

सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां और जनसभाएं की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बलिया में विजय सकंल्प रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विपक्षी गठबंधन को महामिलावटी करार दिया विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा और बसपा हमेशा जाति की राजनीति करते हैं परन्तु लोग अब इस बात को जान गए ह और सतर्क हो गए हैं

वे नहीं चाहते कि आने वाली पीढियां पिछड़ेपन में रहें बाइट मेरी एक ही जाति है और मेरी जाति है गरीबी और इसलिए मैने गरीबी के खिलाफ बगावत की है साथियों इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिये इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा ने हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया श्री मोदी ने कहा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी को गरीब महिलाओं सहित सभी का समर्थन मिल रहा है बाइट मैं तो मां बहनों और बेटियों के सम्मान में खड़ा हूं मैं गरीब के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खड़ा है मैं समाज की आर्थखरी पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको सशक्त करने के लिए जुटा हूं श्री मोदी ने कहा कि पूर्वांचल में रेल और सड़क सम्पर्क में सुधार आया है और इस दिशा में काम जारी है इससे अब इन जिलों में औद्योगीकरण की राह आसान हो रही है भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर के हाटा में चुनावी जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षो में सरकार ने जिस प्रतिबद्धता से देश की सेवा की है उससे द्रनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की निष्ठा देश के लिये नहीं बल्कि एक परिवार के प्रति है मुख्यमंत्री ने सपा और बसपा को परिवारवादी और अवसरवादी पार्टी बताया वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने आज बलिया के सलमपुर क्षेत्र में सपा बसपा रालोद गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीटें खाली होने के बावजूद भरी नहीं जा रही है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में गरीब और अल्पसंख्यक परेशान हैं और भ्रष्टाचार में बढोत्तरो हुई है इसके अलावा देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं सुश्री मायावती ने लोगों से गठबंधन प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की

उन्होंने कहा कि यदि उनकी पाटी सत्ता में आती है तो वह लोगों को स्थाई रोजगार देना सुनिश्चित करेगी सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव देश में महापरिवर्तन लायेगा उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने लोगों को छला है और चुनाव में किये गए वादों को भाजपा ने पूरा नहीं किया है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसी कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है सपा प्रमुख ने दोहराया कि इस चुनाव के बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा और नये भारत का मार्ग प्रशस्त होगा इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर ने कहा है कि पिछले पांच वर्षो में भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ गई है वह आज मऊ जिल में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी

इस सीट पर चौदह प्रत्याशी मैदान में हैं एक रिपोर्ट भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर संसदीय क्षेत्र के हाटा में जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे के पक्ष में वोट मांगा तो वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जिले के दृदही कस्बे में चुनावी जनसभा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हेमा मालिनी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सहित अन्य पार्टियों के नेता अपनी अपनी जनसभाएं कुशीनगर में कर चुके हैं सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गठबंधन के सपा प्रत्याशी एनपी कुशवाहा के पक्ष में तथा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आर पी एन सिंह के पक्ष में चुनावी रैली कर चुके हैं विवेक पाण्डेय आकाशवाणी समाचार कुशीनगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि काशी ने उनके राजनीतिक और निजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है नरेन्द्र मोदी ऐप द्वारा वाराणसी के लोगों को भेजे संदेश में प्रधानमत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के लोग उनके करीब हैं और वे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं

आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कोन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रचार के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर भाजपा के पक्ष में लहर देखी है उन्होंने कहा कि सरकार के आर्थिक प्रबंधन के कारण इस चुनाव में मुद्रास्फीति मुद्दा नहीं है बाइट आजादी हासिल होने के बाद जब से आम चुनावों का सिलसिला प्रारम्भ हुआ है

गृहमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बार बार होने वाली हिंसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वहां की मुख्यमंत्री हिंसा को रोक नहीं पा रही हैं बसपा प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में आयाजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा इस बार चुनाव पीएम श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार की नैया डूब रही है यह सब लोग जानते हैं और इसका जीता जागता प्रमाण ये हैं कि भारी जन विरोध को देखते हुए अब इनके स्वयं सेवक चुनाव में हमें कहीं भी मेहनत करते हुए नजर नही आ रहे हैं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

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि विकासशील देशों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का सामूहिक संरक्षण जरूरी है संगठन के विकासशील देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन को वैश्विक व्यापार का अगुवा होना चाहिए और सभी सदस्य देशों के विकास में मदद करनी चाहिए वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सभी सदस्य देशों को इस संगठन में मतभेद सुलझाने की प्रक्रिया में सुधार के प्रयास करने चाहिए

अम्बेडकर नगर जिले के सम्मनपुर थाना क्षेत्र के खपुरा के पास आज मोटरसाइकिल को बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर डम्पर से टकरा कर पलट गई पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार सवार लोगों को बाहर निकाला लेकिन तब तक मौके पर ही उनकी मौत हो गई मोटर साइकिल सवार को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में हाईवे के किनारे सो रहे पिता सहित दो पुत्रों पर ट्रक पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने सातवें चरण में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के साथ ही मतदाताओं से बढ़ चढ़ कर वोट डालने का आह्वान किया है श्री लू ने आज मऊ जिले के मझवारा इलाके में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में कहा कि लोगों को स्वयं मतदान करने के साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिये प्रेरित करना चाहिये जिससे प्रजातंत्र और मजबूत हो सके बाद में श्री लू ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान पर्ची का वितरण कराने और लोगों की सहायता के लिये मतदाता मित्रों की तैनाती की गई है लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में प्रदेश के पूर्वांचल के तेरह लोकसभा क्षेत्रों में उन्नीस मई को मतदान कराया जायेगा इस चरण में महराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज सीटें शामिल है इन सीटों पर एक सौ इकहत्तर उम्मीदवार मैदान में हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ग्यारह भाजपा के सहयोगी अपना दल के दो कांग्रेस के दस सपा के आठ बसपा के पांच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एम के तीन और सीपीआई के तीन उम्मीदवार है सबसे अधिक तीस उम्मीदवार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं जबकि सबसे कम चार उम्मीदवार गोरखपुर जिले क बांसगांव क्षत्र में हैं